प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर व्यापक बहस और चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है नई दिल्ली में कल नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने केंद्र और राज्य स्तर पर एक साथ च्रनाव कराने का मुद्दा उठाया

बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं और उन्होंने सभी चूनावों के लिए समान मतदाता सूची का सुझाव दिया राज्यों को साइमल्टेनीअस इलेक्शन पे सोचना चाहिए तो कम से कम शुरूआत इस चीज़ से करनी चाहिए कि क्या हम लोग एक युनिफॉर्म वोटर लिस्ट तो बना सकते हैं उसी से बहुत बड़ी बचत हो जायेगी कि सारे साल और हर समय जो वह जो चुनावों की सरगर्मी रहे इससे जो वह विकास को इतना पोटेन्शियल देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं

श्री जावड़ेकर ने एनडीए सरकार के चार साल के कार्यकाल में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले चार साल में शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय सभी के लिए कम खर्चीली और अच्छे स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि दोपहर भोजन योजना को मजबूत बनाने के लिए और ज्यादा धन दिया जा रहा है बाइट चार साल में शिक्षा के क्षेत्र में इतने नये बदलाव आये हैं

जो पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी अमूलचूल परिवर्तन करके सुधार किया है जैसे मिड डे मील स्कीम रूसा टेक्विम स्कोलरशिप्स एक्रीडेशन जे एन के स्कोलरशिप एण्ड इंटरेस्ट सब्सिडी इसमें भी बहुत सुधार है सरकार के द्वारा जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के लिये ग्राम स्वराज अभियान के तहत गांवों म रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत मंत्री सांसद तथा विधायक गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे है तथा उसका बेहतर समाधान निकालने का प्रयास कर रहे है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने आकाशवाणी को बताया कि चौपाल लगाने का उद्देश्य आम जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है तथा उसकी समस्याओं का समाधान करना है बाइट चौपाल लगाने का उद्देश्य यह है कि जो आज प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की जो योजनाएं है जो सबका साथ सबका विकास को लेकर के उन योजनाओं का लाभ गांव के आम आदमी तक पहुंचे

भारतीय जनता पार्टी के सम्पर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत प्रदेश भर में वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मिल रहे हैं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

आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि आज झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में आम लोग अपने घरों में दीपदान भी कर रहे हैं

इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी के बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को दी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार रावत ने बताया कि चिकित्सालय में टीकाकरण के लिए आज बड़ी संख्या में महिलाए पहुंची और इन महिलाओं ने टीकाकरण से होने वाले लाभ को अन्य महिलाओं के बीच साझा करके स्वस्थ रहने के संकल्प को दोहराया

फेसब्क पोस्ट में श्री जेटली ने आशा व्यक्त की कि अर्थव्यवस्था में मजबूती का सिलसिला कुछ वर्षों तक बना रहेगा श्री जेटली ने यह भी कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में दो प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाने वाले एकदम गलत साबित हुए हैं वस्तु और सेवा कर लागू होने से कर आधारित अर्थव्यवस्था बनी है वित्तमंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि जीएसटी कर प्रणाली के तहत केन्द्र और राज्यों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह संबंधी डाटा ज्यादा प्रभावी ढ़ंग से उपलब्ध हो सकेगा